एमएसएमई विभाग उद्योग विभाग और उद्योगपतियों के बीच निवेश के लिए करीब पांच हजार करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हुएमुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निवेशकों को सहयोग का भरोसा दिलाया केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पौड़ी जिले के कई किसानों को हो रहा फायदाप्रीमियम का बोझ हुआ कम

इस फैसले की काफी समय से प्रतीक्षा थी

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि आधार योजना का उद्देश्य समाज के बेहद पिछड़े वर्गो तक लाभ पहंचाना है क्योंकि विशिष्ट पहचान प्रमाण इन वर्गों को सशक्त बनाता है और इन्हें पहचान देता है कोर्ट ने कहा कि यह योजना अनूठी है और सर्वश्रेष्ठ होने से अनूठा होना कहीं अच्छा है

कोर्ट ने कहा कि डुप्लीकेट आधार प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आधार योजना के तहत प्रमाणीकरण के लिए समुचित सुरक्षा तंत्र है

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का भरोसा दिलाया श्री रावत ने कहा कि निवेश से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे

पौड़ी में भी इस योजना के बाद किसानों ने फसल बीमा की अहमियत को समझा है कई बार विभिन्न कारणों से फसल खराब हो जाती है जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है इस तरह के हालात से किसानों को उबारने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कारगर साबित हो रही है

मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र राणा का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिससे किसान जागरूक हो रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना महत्त्वपूर्ण उपलब्धि वाली योजनाओं में शुमार की जाती है इस योजना से किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम हुआ है और उनकी फसलों के नुकसान पर भरपाई भी होगी स्लग सीएम के निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों से लोगों को हो रही परेशानी पर खेद जताते हुए कहा है कि एक महीने में प्रदेश की सड़कों को दुरूस्त कर लिया जायेगा उन्होंने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को एक महीने में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम पूरा कराने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि देहरादून की क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने का काम सात दिनों के अन्दर पूरा कर लिया जाए इसके साथ ही श्री रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून से हरिद्वार और देहरादून से रूड़की की क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरूस्त करने का कार्य युद्वस्तर पर करते हुए पूरा करने के निर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को दिये हैं उन्होंने मुख्य अभियंता को हर रोज सड़कों की मरम्मत के कार्य का स्थलीय निरीक्षण करने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा है कि सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी स्लग मेरा गांव मेरा तीर्थ केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार का ऑलवेदर रोड के निर्माण का फैसला पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अल्मोड़ा में मेरा गांव मेरा तीर्थ विषय पर आयोजित संगोष्ठी में श्री टम्टा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार तक जनता की आवाज पहुंचती है और जनजागरूकता भी आती है उन्होंने कोसी नदी के पुनर्जीवन को जनता की आवाज का परिणाम बताया इस कार्यक्रम में मुख्त वक्ता मोहन सिंह रावत गांववासी ने कहा कि सरकार द्वारा जनहित की योजनाएं बनाई जा रही हैं कार्यक्रम में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और सोर्स ऑफ इनकम पर भी चर्चा की गई

डायरिया नियंत्रण पखवाड़े के दौरान आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्तियां घर घर जाकर सर्वे करेंगी साथ ही ओआरएस पिलाने के तरीकों को बताने के साथ ही जिंक की गोलियां भी वितरित करेंगी उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक युगल किशोर पंत ने बताया कि पखवाड़े का उद्देश्य डायरिया से होने वाली शिशु मृत्यु दर को शून्य करना है साथ ही इसके माध्यम से अभिभावकों और जन सामान्य को जागरूक भी किया जाएगा

देहरादून में हुई बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि अगली बैठक में प्रस्ताव के औचित्य मानकों के अनुपालन और इको सेंसिटिव जोन के नोटिफिकेशन के अनुसार चेक लिस्ट बनाकर समिति के सामने रखा जाए बैठक में आईटीबीपी के तीन प्रस्तावों को संशोधित कर इको सेंसिटिव जोन के दिशा निर्देश के अनुसार बनाने के लिए कहा गया